टोंक सवाईमाधोप्र सीट से कांग्रेस प्रत्याषी नमोनाराण ने नामांकन के दो सैट दाखिल किये पाली से कांग्रेस प्रत्याषी हेमन्त सिंह सिंघवी उदयपुर सीट से सीपीआई के घनष्याम सिंह तंवर और अजमेर सीट से निदर्लीय प्रमोद कमार ने भी आज पर्चे भरे कोटा सीट से भाजपा प्रत्याषी ओम बिडला ने आज अपना नामांकन दाखिल किया

इनकी जांच कल की जाएगी सोमवार तक नाम वापस लिये जा सकते हैं

इसमें गुजरात गोआ केरल दादर तथा नगर हवेली और दमन दीव की सभी सीटों के लिए मतदान होगा

आज टोंक में कांग्रेस प्रत्याशी नमोनारायण मीणा के नामांकन भरने के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए श्री गहलोत ने कहा कि भाजपा कांग्रेसमुक्त भारत की बात करती है लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो पाएगा श्री गहलोत ने भाजपा पर शौर्य पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सेना ने हमेशा अपने पराकम का परिचय दिया है मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार द्वारा पिछले दिनों किए कामों को भी गिनाया सभा को उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे सहित कांग्रेस के नेताओं ने संबोधित किया उधर कोटा में भाजपा प्रत्याशी ओम बिड़ला के नामांकन से पहले एक जनसभा आयोजित हुई जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा नेता राजेन्द्र राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों में बडे बडे वादे किए लेकिन कोई भी वादा पूरा नहीं किया सभा को भाजपा नेता प्रभुलाल सैनी और ओम बिड़ला ने भी संबोधित किया

आज जयपुर में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में पार्टी के प्रदेश प्रभारी प्रकाश जावडेकर ने बताया कि आरएलपी के अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल नागौर सीट से प्रत्याशी होंगे

उन्होंने कहा कि आरएलपी के कार्यकर्ता इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे

जयपुर में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पायलट ने कहा कि श्री गांधी ने देष में रोजगार कांति लाने की बात की है कांग्रेस घोषणा पत्र का जिक करते हुए श्री पायलट ने कहा कि कांग्रेस ने ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था को प्रनः स्थापित करने का संकल्प किया है और उसी के अनुरूप पार्टी ने घोषणा पत्र तैयार किया है

कार्यशाला में मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव के दौरान कमजोर रहे बूथों को मजबूत बनाने पर फोकस किया जा रहा है

इसके अलावा सफाई कर्मियों ने वाहन रैली निकाली नारयां शुभंकर की सजीव झांकी के साथ जागरूकता रथ शहर के प्रमुख मार्गो से निकला जिसके जरिये भी मतदान अवश्य करने का संदेश दिया गया

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक आलोक त्रिपाठी ने आज संवाददाताओं को बताया कि ये अधिकारी कर्मचारी दलाल और मुखिया के माध्यम से अफीम की खेती के निर्धारित मापदण्डों का उल्लंघन करते हुए अवैध संरक्षण प्रदान करते और इस एवज में भारी मात्रा में अवैध रकम प्राप्त की जाती थी

इस वर्ष फरवरी में भी बैंक ने रेपो दर में कमी की थी आज मुम्बई में बैंक के गवर्नर शक्ति कांत दास ने चालू वित्तवर्ष की पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा करते हुए कहा कि रिवर्स रेपो दर भी कम करके पांच दशमलव सात पांच प्रतिशत और बैंक दर छह दशमलव दो पांच कर दी गई है

उन्होंने युवा शोधकर्ताओं को महर्षि बद्रायन व्यास पुरस्कार भी प्रदान किये इस अवसर पर श्री नायडू ने कहा कि अपनी मातृभाषा को हमेशा प्रोत्साहन किया जाना चाहिए

परेड की सलामी महानिदेशक प्रशिक्षण राजीव दासोत ने ली इस मौके पर श्री दासोत ने बताया कि राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिये आरपीए को उत्तर भारत की श्रेष्ठ और अरोजपत्रित वर्ग में जोधप्र को देश की सर्वश्रेष्ठ अकादमी घोषित किया गया है

इसमें प्रलिस शिक्षा स्वास्थ्य और स्थानीय निकाय विभाग सोसायटी का सहयोग करेंगे सोसायटी के अध्यक्ष ने बताया कि इसके लिए वाहन चालकों की कार्यशाला का आयोजन स्थानीय स्तर पर पुलिस थानो में किया जाएगा और उनमे प्रशिक्षण लेने वाले वाहन चालकों को सड़क सुरक्षा अग्रदृत बनने की शपथ दिलाई जाएगी इसके अलावा उन्हें बाजार से आधी कीमत में उच्च गुणवत्ता का हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा सोसायटी अजमेर के अलावा भीलवाड़ा चित्तौड़गढ राजसमंद और उदयपुर में अभियान चलाएगी